एक मार्च से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी

इधर असम में कल से लोअर प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे स्कूलों के दोबारा खोले जाने से पहले असम सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है इसके अन्सार लोअर प्राइमरी स्कूल की सभी एक से पांच तक की कक्षाएं वैकल्पिक दिनों में चलेंगी संबंधित दिशा निर्देश सभी सरकारी और निजी संस्थाओं पर लागू होंगे

सप्ताह में एक बार स्कूल परिसर को सेनीटाइज किया जाएगा कक्षा चार और पांच में सोमवार ब्धवार और श्क्रवार को पढ़ाई होगी जबकि पहली दूसरी और तीसरी की कक्षाएं मंगलवार ब्रस्पतिवार और शनिवार को चलेंगी

इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री ने कहा कि एन डी आर एफ देशभर में आपदा राहत कार्यों के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर जनजागरुकता मिशन को प्रभावी तरीके से चला रही है उन्होंने कहा कि बाढ़ चक्रवाती त्फान भूस्खलन भूकंप कोविड महामारी सहित राष्ट्र के समक्ष विभिन्न च्नौतियों से निपटने में एन डी आर एफ ने सराहनीय योगदान दिया है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा क्छ राज्यों में च्निंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली च्नौतियों की पहचान तथा इससे जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना है देश में पिछले चौबीस घंटे में इक्कीस हजार आठ सौ इक्कीस नए मामले सामने आए और दो सौ निन्यानवे लोगो की मौत हई है इस समय देश में संक्रमण के दो लाख संतावन हजार छह सौ छप्पन सक्रिय मामले है कल स्वस्थ हए छब्बीस हजार एक सौ उनतालीस लोगो को मिलाकर अब तक अंठानवे लाख साठ हजार दो सौ अस्सी लोग संक्रमण से ठीक हो च्के है देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवें दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो गई है उधर अरुणाचल प्रदेश में ब्धवार को कोविड संक्रमण के दो नए मामले सामने आए और ग्यारह रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में तवांग और ईस्ट सियांग से एक एक मामले शामिल है

श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक नया वर्ष एक नई श्रुआत करने का अवसर प्रदान करता है और व्यक्तिगत और साम्रहिक विकास के संकल्प पर जोर देता है राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न यह कठिन समय सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है इधर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा म्ख्यमंत्री पेमा खांडू गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और विधायक निनोंग ईरिंग ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की श्भकामनाए देते हुए राज्य में स्ख शांति और समृद्धि की कामना की है राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि नववर्ष दो हजार इक्कीस में राज्य में सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास होगा और आपसी भाईचारा की भावना सजबूत होगी राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के लिए वर्ष दो हजार बीस आर्थिक रुप से और आजीविका के लिए त्नौतिपूर्ण रहा है श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र में पी एम मोदी और राज्य में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् की नेतृत्व में सरकार ने महामारी से प्रभावी तरीके से निपटते हुए लोगो को स्वास्थ्य सहायता के अलावा आवश्यक वस्त्ओ की आपूर्ती की है